श्री मोदी ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान और उसमें धीरे धीरे ढील दिये जाने से जुड़ी परेशानियों से निपटने के तौर तरीकों से भी अवगत कराने को कहा है कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकमण किन इलाकों में है अब इसके संबंध में हमारे पास स्पष्ट संकेत हैं

उन्होंने कहा कि कोरोना को ग्रामीण इलाकों में फैलने से रोकना होगा श्री मोदी ने कहा कि अब हमें जन से लेकर जग तक या व्यष्टि से समष्टि तक के सिद्धांत के साथ जीना होगा उन्होंने कहा कि हमें नई वास्तविकता के अनुरूप ही योनजा बनानी होगी कांफेंसिंग में मुख्यमंत्रियों ने कोरोना से उबरने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की और देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण केन्द्र और राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है केन्द्र की मदद के बिना यह असंभव है कि राज्य इस संकट का मुकाबला कर सकें इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री को राज्य में टिड्डी के प्रकोप की जानकारी दी और इसके नियंत्रण मे सहयोग का आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने राज्य के शेष पांचों संभागों के सांसदों और विधायकों से रविवार को चर्चा की थी भारतीय रेलवे ने आज से विशेष यात्री ट्रेन सेवाएं फिर शुरू कर दी है शुरू में पन्द्रह रेलगाडियों के जोड़े चलाए जाएंगे इन रेलगाडियों को नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है और ये डिब्रूगढ़ अगरतला हावडा पटना बिलासपुर रांची मुवनेश्वर सिकन्दराबाद बेंगलुरू चैन्नई तिरूवनन्तपुरम मड़गांव मुम्बई सेंट्रल और जम्मू तवी पहुंचेगी ट्रेन का किराया खानपान शुल्क हटाकर राजधानी ट्रेन के बराबर ही है इन रेलगाडियों के लिए टिकट आरक्षण केवल आईआरसीटीसी की वेबसाईट पर ही होगा रेल स्टेशनों पर टिकट काउंटर बंद रहेंगे और कोई टिकिट जारी नहीं किया जाएगा रेल मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है वे अपना भोजन और पानी साथ लेकर जाएं यात्रियों को नब्बे मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा जहां उनके तापमान की जांच होगी

रद्द करने का शुल्क किराए का पचास प्रतिशत होगा

इस बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दल ने कल जयपुर पहुंचकर कोरोना संकमण की स्थिति का जायजा लिया मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि केन्द्रीय दल ने शहर के प्रतिबंधित जोन रामगंज और उसके आस पास के क्षेत्रों का दौरा कर सर्वे स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग की प्रकिया की जानकारी ली

आज विश्व नर्सिंग दिवस है यह दिन पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में मनाया जाता है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने प्रदेश भाजपा को प्रवासियों की सहायता के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए है श्री नड्डा ने कल पार्टी के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री वी सतीश प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी प्रवासी राजस्थानी आयेंगे उन स्थानों को चिन्हित कर भाजपा कार्यकर्ता उनकी सहायता करेंगे एक मोबाईल वेन बनाई जाये जिसमें प्रवासियों के लिए भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाये प्रदेश के पाकिस्तान से जुडे सीमावर्ती जिलों में टिडडी दलों का हमला लगातार जारी है बाडमेर जिले में कल अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ

उन्होंने इसके लिए काश्तकारों का भी पूरा सहयोग लेने को कहा मौसम विमाग ने प्रदेश में मानसून आने की तारीख की घोषणा की है

वहीं जयपुर में यह एक जुलाई तक पहुंचेगा

इधर प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर कल शाम से रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है